भोपाल में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान श्री चौहान ने कहा कि जहां पर कोई भी जल स्त्रोत नहीं होने से पेय जल की समस्या हो वहां हेडपंप या अन्य वैकल्पिक उपाय किये जाएं आनलाइन प्रणाली निर्माण श्रमिकों के हितलाभों की राशि का भुगतान ईपीओ के माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तातंरण करने की आनलाइन प्रणाली का शुभारंभ भोपाल में श्रम राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने किया

सभी योजनाओं के हित लाभों और प्रशासकीय व्ययों को केन्द्रीयकृत खाते से इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट सिस्टम से किया जा रहा है इस पहल से सभी हितग्राहियों को हितलाभ राशि पारदर्शी तरीके से सीधे उनके बचत खाते में हस्तातंरित की जासकेगी श्रमिकों के हित में इस तरह की आनलाइन और ईपेमेन्ट प्रणाली को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है

राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक पंचायत के लिये और प्रत्येक नगरीय निकाय वार्ड के लिये कम से कम एक मतदान केन्द्र अवश्य बनाया जाए हिंसा प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है चंबल संभाग में एहतियातन पुलिस बल बढ़ा दिया गया है कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है ग्वालियर में चार और डबरा में दो थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है यहां आज दो दो घंटे की ढील दी गयी है मुरैना और भिंड में भी स्थिति नियंत्रण में है अतिरिक्त पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है

प्रदेश पुलिस प्रशासन सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से संपर्क में है न्याय यात्रा प्रदेश में कांग्रेस द्वारा महिलाओं पर बढते अत्याचार और उनके हक की लडाई के लिये निकाली जा रही न्याय यात्रा कल रायसेन जिले के उदयपुरा पहुंचेगी जहां से सिलवानी गैरतगंज होते हुई रायसेन में प्रवेश करेगी इस न्याय यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव और विघानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी शामिल होंगे भावान्तर योजना शहडोल जिले में भावान्तर भुगतान योजना के तहत तीन हजार छह सौ पच्चीस किसानों का पंजीयन किया गया है विभिन्न समितियों और मंडियों के माध्यम से चना सरसों प्याज मसूर की फसलों की खरीदी के लिये किसानों का पंजीयन किया गया है

ओरछा महोत्सव टीकमगढ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ओरछा में महाकवि केशव की स्मृति में आज से ओरछा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है इस तीन दिवसीय महोत्सव में कवि सम्मेलन बुंदेली लोक संगीत और लोक नाटक की प्रस्तुति होगीं

इसमें पशुओं का निशुल्क उपचार किये जाने के साथ ही पशुपालन और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी